वन नेशन वन राशन कार्ड केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना प्रदेश में भी शुरू हो गई है

इन द्कानों में वन नेशन वन राशन की योजना शुरू हो गई है एनएफएसए के तहत आने वाले प्राथमिक और अंत्योदय राशन काई धारकों पर यह स्कीम लागू होगी

बायोमेट्रिक के माध्यम से सस्ता राशन वितरित किया जाएगा अहम बात ये है कि इसके लिए किसी नए राशन कार्ड की जरूरत नहीं होगी

शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा कि राज्य में तय समय सीमा में इस योजना का कार्य पुरा कर लिया जाएगा

धैर्य और तत्परता से चिकित्सक अपना कर्तव्य निभा रहे हैं म्ख्यमंत्री ने अपने आवास से वर्च्अल कांफ्रेंस के माध्यम से कोविड अस्पतालों में तैनात चिकित्सा अधिकारियों और उपचाराधीन मरीजों से बात की उन्होंने दून हल्दवानी श्रीनगर मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में तैनात डाक्टर्स और मरीजों से बातचीत की म्ख्यमंत्री ने चिकित्सकों से मरीजों की स्थिति वेंटिलेटर आईसीय आक्सीजन बेड कोविड से निपटने के लिए जरूरी उपकरणों की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली वहीं मरीजों ने अस्पताल प्रशासन की व्यवस्थाओं की सराहना की मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कोविड पर नियंत्रण के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है इस मौके पर स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग का प्रयास है कि लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट मिले इसमें और सुधार किया जाएगा साथ ही सैंपल टेस्टिंग को भी बढ़ाया जायेगा होम आईसोलेशन हरिद्वार हरिद्वार में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज जिला अस्पताल के अलावा घर पर भी किया जा रहा है केंद्र सरकार की गाइड लाइन अन्सार राज्य में भी होम आइसोलेशन की व्यवस्था की गई है हरिदवार के अपर म्ख्य चिकित्साधिकारी एचडी शाक्य ने बताया कि संक्रमित मरीजों की घर पर ही रहने की व्यवस्था शुरू की गई है लेकिन इसके लिए सख्त नियम बनाए गए हैं

क्षेत्रीय नोडल अधिकारी डॉ विवेक खन्ना का कहना है की होम आइसोलेशन में रहने वाले व्यक्तियों के लिए अलग से गाइडलाइन बनाई गई है उन मानकों को पूरा करने वाले मरीजों को ही घर पर रहने की छूट दी गई है इसके लिए कंट्रोल रूम से उनकी है मॉनिटरिंग की जाती है मरीजों को दवाइयां और अन्य जरूरी सामान घर पर पहंचाई जाती है

पर्वतीय जिलों में बारिश से काफी न्कसान हो रहा है खासकर पिथौरागढ़ जिले में बारिश से बह्त न्कसान हआ है जिला म्ख्यालय के आसपास कई मकान क्षतिग्रस्त हए हैं धारचूला म्नस्यारी डीडीहाट और गंगोलीहाट विकासखंडों में काफी न्कसान होने की सूचना मिली है

इस योजना को रुड़की समेत प्रदेश के छह शहरों में लागू करने की तैयारी की जा रही है शहरी विकास विभाग के अधिकारी इसमें जूटे हैं शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा रुड़की में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने का निर्देश दिया गया है इसके साथ ही हल्द्वानी काशीप्र ऋषिकेश रुद्रप्र और कोटद्वार में भी इस तरह के प्लांट स्थापित करने की योजना तैयार की जाएगी उन्होंने बताया कि इंडियन ऑयल कारपोरेशन की मदद से हरिद्वार में बायोगैस प्लांट लगाने का योजना है उन्होंने कहा कि नगर निकाय कंपोस्ट बनाने के लिए कृषि और उदयान विभाग को छंटा हआ कचरा देकर अपने लिए नए आय के स्रोत भी विकसित करे इसके लिए हर शहरी निकाय मॉडल विकसित करेगा

प्रदेश सरकार की कोशिश इस कचरे का उपयोग करने की है

यह धनराशि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक को उपलब्ध करायी गई है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस अस्पताल के निर्माण को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि बताया है उन्होंने कहा कि हर्रावाला क्षेत्र में स्विधायक्त अस्पताल की जरूरत भी थी इससे क्षेत्रवासियों को बेहतर स्वास्थ्य स्विधा उपलब्ध हो सकेगी

टेलीमेडिसन सेवा टिहरी जिला प्रशासन टेलीमेडिसन सेवा को और बेहतर बनाने में ज्टा है जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने इस संबंध में तकनीकी विशेषज्ञों और डॉक्टरों के साथ बैठक कर विचार विमर्श किया

इसे और बेहतर बनाने के लिए जिला प्रशासन दवारा प्रयास किए जा रहे हैं बैठक में चार प्रमुख तकनीकी विशेषज्ञों ने अपने सुझाव दिये जिला चिकित्सालय बौराड़ी के चिकित्सा अधीक्षक डॉ अमित राय ने बताया कि इस तकनीक को और बेहतर बनाने के लिए काम किया जा रहा है उन्होंने बताया कि प्रदेश में टिहरी जिले में टेलीमेडिसन सेवा सबसे पहले श्रू की गई थी और केंद्र सरकार ने जिले को पुरस्कृत भी किया था

जिला प्रशासन एवं ग्रूदवारा प्रबंधन समिति ने यात्रा के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली है

इसके अलावा उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट से ई पास लेकर ही यात्रा की इजाजत दी जाएगी